बजट उम्मीद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में अपना पहला बजट पेश करेंगी ये बजट एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं

इसके तत्काल बाद बजट पर देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा

इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है

विधानसभा अध्यक्ष एनपीप्रजापति ने कल सत्र की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने विधानसभा के सर्वसुविधायक्त लेखा शाखा का श्भारंभ भी किया पहली बार चुनकर आये विधायकों के लिए कल से दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा श्री प्रजापति ने इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिये

राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा और बाल कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है राज्यपाल ने कल दतिया में एक बैठक में इन योजनाओं का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किये जाने की बात भी कही बैठक में प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति सुकन्या समृद्धि मुद्रा पेंशन उज्जवला सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास फसल बीमा आयुष्मान योजना की समीक्षा की गई राज्यपाल ने विद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट को न्यूनतम करने के निर्देश भी दिये कलेक्टर बीएस जामोद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वप्रथम क्रियान्वयन में दतिया देश का पहला जिला बना है किकेट क्रिकेट विश्वकप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अपने अंतिम लीग मैच में बंगलादेश से होगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद तीन बजे से शुरु होगा

मौसम बारिश मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा प्रदेश के ग्वालियर से होकर गुजर रही है इसके चलते ग्वालियर सागर उज्जैन भोपाल इन्दौर होशंगाबाद जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा हुई

मौसम विभाग में आज प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है